राज्य में अबतक पचहत्तर हजार से अधिक कोरोना के मरीज स्वस्थ हुए

आज सुबह दस बजे जारी होगा जेइई एडवान्स का रिजल्ट

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और नीति आयोग आर्टीफीशियल इंटेलीजेंस ए आई पर एक ऑन लाइन सम्मेलन आज से नौ अक्टूबर तक आयोजित कर रहे हैं

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सबका साथ सबका विकास नारे की भावना के अनुरूप आर्टिफिशियल इंटेलिजेन्स का इस्तेमाल समावेशी विकास और सबके लिए उपलब्ध कराने की योजना है प्रधानमंत्री के निर्देशों के अनुसार भारत जल्दी ही अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेन्स के क्षेत्र में शीर्ष नेता के तौर पर स्थापित होगा और सामाजिक विकास में इसके इस्तेमाल का आदर्श बनेगा

बुजुर्ग बच्चे अस्वस्थ व्यक्ति और संक्रमित व्यक्तियों के संपर्क में आने वाले पेशेवरों को इसमें प्राथमिकता दी जाएगी डॉक्टर हर्षवर्धन ने अपने साप्ताहिक संबोधन रविवार संवाद में कोविड महामारी से निपटने के प्रयासों के बारे में जानकारी दी उन्होंने बताया कि राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को टीके के लिए प्राथमिकता वाले वर्गों की सूची इस महीने के अंत तक देने को कहा गया है रविवार संवाद विशेष श्रंखला के चौथे कार्यक्रम में एक सवाल के जवाब में स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि सरकार ने देश में टीके की उपलब्धता की समय सीमा का पता लगाने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत उच्चस्तरीय समितियां बनाई हैं इस समय टीके के परीक्षण का तीसरा चरण चल रहा है उन्होंने बताया कि सरकार आपूर्ति और टीका भंडारण सुविधाओं की तैयारी करने के लिए टीका निर्माता कंपनियों के साथ बातचींत भी कर रही है राज्य में पिछले चौबीस घंटों में नौ सौ तैंतीस कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं वहीं नौ सौ सात मरीज ठीक हुए हैं

इसमें दस हजार नौ सौ छत्तीस सक्रिय केस हैं अबतक पचहत्तर हजार पांच सौ एकतीस मरीज ठीक हुए हैं

देश में कोविड से स्वस्थ होने वालों की दर बेहतर हुई है

संक्रमण से स्वस्थ होने के मामले में भारत का विश्व में पहला स्थान है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

वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री बैठक में भाग लेंगे

इसके अलावा अभ्यर्थियों को मोबाइल में एसएमएस के जरिये भी रिजल्ट की जानकारी दी जाएगी

गोड्डा जिले में केन्द्र सरकार के महत्वपूर्ण कार्यक्रम जल जीवन मिशन के तहत जन जागरूकता के लिए सभी प्रखंडों में कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं

पलामू पुलिस ने गुप्त सुचना के आधार पर छत्तरपुर थाना क्षेत्र से कुख्यात माओवादी अभिजीत यादव के दस्ते के दो नक्सली को गिरफ्तार किया है साथ ही नक्सली पोस्टर को भी बरामद किया है छतरपुर पुलिस गिरफ्तार नक्सली की पहचान में जुटी हुई है सुदूर घने जंगल से दोनों की गिरफ्तारी की गई और पोस्टर को बरामद किया गया है थाना प्रभारी के अनुसार एक क्षेत्र में अपना वर्चस्व को बढ़ाने के लिए पोस्टरबाजी करने की तैयारी थी चतरा जिले के इटखोरी थाना पुलिस ने नशे के अर्वैध कारोबार के विरुद्व अभियान चलाकर सात सौ ग्राम अफीम के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार किया है इटखोरी पुलिस ने चतरा इटखोरी मुख्य पथ पर दोनों तस्करों को गिरफ्तार किया है वहीं उनके पास से एक कार और दो मोबाइल फोन भी जप्त किया गया धनबाद जिले में सड़क दुर्घटना के चिन्हित स्थानों पर दुर्घटना रोके जाने संबंधी उपायों के लिए प्रशासनिक अधिकारियों ने संयुक्त निरिक्षण किया जिला परिवहन पदाधिकारी सह सचिव जिला सड़क सुरक्षा समिति धनबाद ओम प्रकाश यादव के निर्देश तथा पुलिस उपाधीक्षक सह नोडल पदाधिकारी सड़क सुरक्षा के नेतृत्व में सड़क दूर्घटना के चिन्हित स्थानों का निरीक्षण किया गया चिन्हित स्थानों का निरिक्षण कर दुर्घटना के बिंदुवार कारण और किये जाने वाले सुधारात्मक उपायों की विवरणी तैयार की गई चतरा के सिमरिया थाना क्षेत्र में अनियंत्रित पिकअप वाहन की चपेट में आने से गंभीर रूप से घायल एक बच्चे की इलाज के दौरान मौत हो गई पुलिस ने आरोपी चालक को पिकअप वाहन समेत गिरफ्तार कर लिया है

धीमी हुई कोरोना की रफतार इस भार्शक के साथ त्योहारों के मौसम में वि ीश सर्तकता बरतने की खबर को प्रभात खबर ने अपनी पहली सुर्खी बनाई है बिहार में लोक जन ाक्ति पार्टी अकेले लड़ेगी चुनाव इस भीर्शक के साथ दैनिक हिन्दुस्तान ने पार्टी संसदीय बोर्ड की बैठक में लिए गए फैसले की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है

धनबाद में इस्पात कम्पनी के मालिक के अपहरण और पुलिस की सक्रियता से तीन घंटे में मुक्त कराने की खबर को दैनिक जागरण ने अपने पहले पन्ने पर जगह दी है बिहार में एनडीए से अलग हुई लोकजन ाक्ति पार्टी इस खबर को रांची एक्सप्रेस ने अपनी पहली सुर्खी बनाई है कोरोना से संक्रमित प्रिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो की स्थिति गंभीर सौ फीसदी ऑक्सीजन सपोर्ट पर होने की खबर को टाईम्स ऑफ इंडिया ने प्रमुखता से प्रकाप्रित किया है दिल्ली में इकतीस अक्टूबर तक स्कूल बंद इस खबर को हिन्दुस्तान टाईम्स ने अपने पहले पन्ने पर जगह दी है